उन्होंने बताया कि इससे सरकारी विभागों को प्रदेश में सार्वजनिक सेवाएं देने के लिए एक एकीकृत मंच मिलेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सुचना प्रौद्योगिकी विभाग प्रस्ताव के सभी पहलुओं का अध्ययन करने केबाद इस प्रस्ताव पर निर्णय लिया जाएगा

हमीरपुर जिले के मटाहणी गांव में नवनिर्मित एडीआर केन्द्र के उदघाटन अवसर पर उन्होंने ये बात कही न्यायाधीश धर्मचंद चौधरी ने कहा कि एडीआर केन्दों के निर्माण का मुख्य उददेश्य लोगों को त्वरित व सस्ता न्याय दिलाना है

पटेल केन्द्र सरकार ने देश की एकता और अखण्डता में योगदान देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार की शुरूआत की है यह पुरस्कार राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने व उल्लेखनीय तथा प्रेरणादायक योगदान के लिए दिया जाएगा

कार्यशाला पर्यावरण संरक्षण को लेकर दो दिवसीय मीडिया कार्यशाला कल शिमला में सम्पन्न हुई सैंटर फॉर साईस एंड एनवायरमैंट और प्रैस क्लब शिमला के संयुक्त तत्वावधान में हुई इस कार्यशाला में डिजीटल मीडिया के विभिन्न तकनीकी पहलुओं पर प्रकाश डाला गया इस दौरान सीएसई के वरिष्ठ निदेशक सुपर्णो बैनर्जी ने उम्मीद जताई कि कार्यशाला से मिली जानकारी मीडियाकर्मियों को अपनी खबरें बेहतर बनाने में मददगार साबित होगी

यह कार्यक्रम आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नेटवर्क से प्रसारित किया जाएगा

इसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के यूट्यूब चौनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधाप्रसारण होगा एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समी समाचार पत्रों ने पावर कॉन्क्लेव से जुड़ी खबर को सचित्र प्रकाशित किया है

हाईकोर्ट से जुड़ी खबर पर दैनिक जागरण के शब्द हैं सीएम मंत्रियों व अफसरों की गाड़ियों में सायरन पर नोटिस आपका फैसला का शीर्षक है मंत्रियों अधिकारियों की गाड़ियों में हटर बजाने पर हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस दिव्य हिमाचल ने लिखा है मंत्रियों अफसरों की गाड़ियों के हूटरों पर हाईकोर्ट गंभीर

दिव्य हिमाचल के शब्द हैं भाजपा हाइकमान ने मांगे बायोडाटा प्रत्याशियों के नाम शामिल बगावत रोकने के लिए पार्टी का नया ऐलान

इसी पत्र के अनुसार हजारों विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति देने को सीबीआई की हरी झंडी